प्रदेश में बेघर व्यक्तियों के पुनर्वास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति लाई जाएगी इसके अलावा वाल्मीकि समाज में शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए वाल्मीकि कोष स्थापित किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्य विधानसभा में बजट घोषणाओं पर बहस का जवाब देते हुए शिक्षा उद्योग समाज कल्याण श्रम और रोजगार से जुड़ी कई नई घोषणाएं की राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर अब कौशल प्रशिक्षण के लिए केन्द्र स्थापित किए जाएंगे इसके अलावा छह सौ ॅसरकारी स्कूलों में कृषि संकाय और दो सौ इंग्लिश स्कूलों में विज्ञान संकाय खोले जाने का प्रावधान भी किया मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र से जूड़े लोगों को सीधा लाभ देने के लिए किसान ई मंडी शुरू करने की घोषणा करते हुए जैविक पंजीकरण की सुविधा संभाग मुख्यालयों पर शुरू करने के लिए उप केन्द्र खोलने का प्रावधान भी रखा खादी कामगारों के प्रशिक्षण और ब्याज मुक्त ऋण के लिए उन्हें इंदिरा गांधी केडिट कार्ड योजना से जोडा जाएगा वहीं कोरोनाकाल के बाद प्रदेश के उद्यमियों को संबल देने के लिए सात साल पूर्व के ऋणों पर ब्याज माफी के लिए एमनेस्टी योजना लाई जाएगी श्री गहलोत ने बेरोजगार युवाओं को पांच हजार डेयरी बूथ आवंटित किए जाने की घोषणा की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार ने बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए सभी विभागों को आदेश जारी कर दिये है विधानसभा में कल शाम बजट पर बहस का जवाब देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में जो कहा गया है सरकार उसे पूरा करेगी

इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर घाटे का बजट पेश करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया

राज्य विधानसभा में आज विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी

सीकर जिले के नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी ने कल राजस्व कर्मचारियों के साथ वैक्सीन की द्रसरी डोज ली इस बीच सरकार ने फिर स्पष्ट किया है कि कोविड का टीका पूरी तरह सुरक्षित है प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं

जिला कलेक्टर आज जागरूकता रथों को हरी झण्डी दिखाएंगे प्रदेश में कोरोना संकमण के नए मामले कल लगातार दूसरे दिन भी डेढ़ सौ से ऊपर दर्ज किए गए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

इसी के तहत आकाशवाणी जयपूर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

न्यायालय की पीठ ने कहा कि कुछ ओटीटी प्लेटफार्म अश्लील सामग्री दिखा रहे हैं पीठ ने कहा कि एक मानदंड स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इन पर रोक लग सके न्यायालय ने केंद्र से नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों पर लगाए गए प्रतिबंधों को उसके समक्ष प्रस्तूत करने का आदेश दिया इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ओटीटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें नए दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार और उद्योग दोनों मिलकर ओटीटी के अनुभव को सभी दर्शकों के लिए और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे

दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलूरू शीर्ष स्थान पर रहा वहीं दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला को श्रेष्ठ शहर का दर्जा मिला है